दस सितंबर से करा सकते हैं आरक्षण

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षक ही यास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं जो हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षको को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते हैं उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण एक अच्छा स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा है कि समाज को गढने का महत्वपूर्ण काम शिक्षक ही करते हैं वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु की महिमा गोविन्द से भी ऊँची बताई उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों का आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाग करेंगे श्री चौहान ने कहा कि निजी स्कलों में भी शिक्षकों का आत्मसम्मान बनाये रखने और स्कलों द्वारा वसुली जा रही मनमानी फीस पर अंकश लगाने के लिए सरकार जल्द ही एक विधेयक लायेगी धार सीहोर उमरिया सहित प्रदेश के कई जिलों में आज डिजिटल टीचर्स डे मनाया गया

रेलवे ने बताया कि रेल यात्री इन नई गाडियों के लिए दस सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं ये रेलगाडियां देशमर में चल रही दो सौ तीस रेलगाडियों के अतिरिक्त होंगी रेलवे बोर्ड ँके अध्यक्ष विनोद कमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है उन्होंने और कहा कि अगर जरूरत पडती है तो और रेलगाडियां बहत जल्द शुरू की जाएंगी श्री यादव ने बताया कि परीक्षाओं और अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के विशेष अनुरोधों पर और रेलगाडियां चलाई जाएगी

आज यहां एक हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई

वहीं रतलाम में एक भाजपा नेता की कोरोना से मौत हो गई

सीएम पंचायत अनुदान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में निवासरत है गांवों की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है राज्य सरकार इन कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी

मंत्रालय में आयोजित इस वर्चअल संवाद में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और कार्यो के लिए उनकी सराहना की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त इस राशि से पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्य कराये जाना है

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमनलाथ ने आज एक टवीट करते हुए कहा है कि चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है यह कई जिलों तक फैला हुआ है और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं यहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच पहले ही ईओडब्ल्यू को सौंप दी है हनीट्रैप एसआईटी हनीट्रैप मामले की हाईकोर्ट की पड़ताल हाईकोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा की जाएगी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट की इंदौर बैंच द्वारा आज मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है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

मौसम प्रदेश में अगस्त के बाद सितम्बर का महीना भी झमाझम की झडी के साथ बीतने वाला है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में आगामी पांच दिनों तक अच्छी बारिश होगी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शनिवार पांच सितम्बर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी

इसके अलावा भोपाल रायसेन होशंगाबाद समेत मध्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है

यह अस्पताल हाट बाजारोंमें जाकर मरीजों का चेंक अप करेगा